विश्व युवा कौशल दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित मुख्यमंत्री ने युवाओं के कौशल विकास को बताया सरकार की प्राथमिकता प्रसिद्ध श्रीखंड महादेव यात्रा आज से शुरू कलराज मिश्र पूर्व केंद्रीय मंत्री व वरिष्ठ भाजपा नेता कलराज मिश्र हिमाचल के नए राज्यपाल होंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रदेश के राज्यपाल आचार्य देवव्रत को स्थानांतरित कर गुजरात का राज्यपाल लगाया है राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक नई नियुक्तियां उस दिन से प्रभावी होगी जिस दिन ये दोनों अपना कार्यभार संभालेंगे

महिला की पहचान भवन मालिक की पत्नी के रूप में की गई है

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज सुबह घटनास्थल पर जाकर एनडीआरएफ राज्य पुलिस और जिला प्रशासन द्वारा चलाए गए राहत व बचाव कार्यो का निरीक्षण किया सभी लोगों को मलबे से निकालने के बाद राहत और बचाव कार्य पूरा हो गया है मुख्यमंत्री ने इस हादसे पर गहरा दुःख व्यक्त किया और मृतकों के परिजनों से गहरी संवेदना जताते हुए घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है

विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सहजल और सांसद सुरेश कश्यप भी मुख्यमंत्री के साथ थे

उन्होंने दिवंगत आत्माओं की शांति की प्रार्थना करते हुए प्रशासन से प्रभावित परिवारों को हरसंभव सहायता देने का आग्रह किया है राजीव बिंदल विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि जनप्रतिनिधियों और सरकारी अधिकारियों को डिजिटलीकरण से जोड़ा जाएगा विधानसभा में आज ई कमेटी सिस्टम के बारे में उच्च प्रशासनिक अधिकारियों को जागरूक बनाने के लिए मुख्य सचिव बीके अग्रवाल और अन्य अधिकारियों के साथ एक बैठक में उन्होंने कहा कि विधानसभा ने ई कन्स्टिच्अन्सी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर विकसित किया है जिसमें विधायकों को ई विधान मोबाइल व वेब डैश बोर्ड से जोड़ा जाएगा बिंदल ने कहा कि ई कमेटी सिस्टम को विधानसभा कमेटियों व सरकारी विभागों के बीच पेपरलैस पत्राचार के लिए विकसित किया गया है राज्यपाल राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा है कि शिक्षा का मूल उद्देश्य विद्यार्थियों में अच्छी शिक्षा अच्छा स्वास्थ्य और अच्छे संस्कार का निर्माण करना है हरियाणा के रोहतक में आज लालनाथ हिंदू महाविद्यालय के सभागार के उदघाटन अवसर पर उन्होंने कहा कि शिक्षण संस्थानों में आधुनिक शिक्षा के साथ साथ राष्ट्र सेवा भारत की संस्कृति व चिंतन का भी समावेश होना जरूरी है धूमल पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम क्मार ध्रमल ने आज हमीरपुर जिले के सुजानपुर में भाजपा के सदस्यता अभियान में भाग लिया उन्होंने पार्टी कार्यकर्त्ताओं से बड़ी संख्या में नए लोगों को पार्टी से जोड़ने के लिए कड़ी मेहनत करने का आहवान किया

धूमल ने कहा कि भाजपा की सदस्यता में प्रतिवर्ष बढ़ोतरी हो रही है

उन्होंने कहा कि गृहिणी सुविधा और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत झंडुता क्षेत्र में करीब छ हजार परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन दिए गए हैं

युवा कौशल आज विश्व युवा कौशल दिवस है इस अवसर पर राज्य कौशल विकास निगम द्वारा शिमला में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने मुख्यातिथि के रूप में भाग लिया उन्होंने कहा कि युवाओं का कौशल विकास सरकार की प्राथमिकता है ताकि वे रोजगार खोजने की बजाय रोजगार प्रदान करने वाले बन सके उन्होंने कहा कि युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी की समस्या सभी देशों के लिए एक चुनौती बन कर सामने आई है मुख्यमंत्री ने कहा कि धर्मशाला में होने वाली इन्वेस्टर मीट से युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे इस बीच शिमला के निकट जिला शिक्षा व प्रशिक्षण संस्थान शामलाघाट में हुए एक कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने युवाओं से व्यवसायिक शिक्षा को अपनाने का आहवान किया

श्रीखंड यात्रा प्रसिद्ध श्रीखंड महादेव यात्रा आज से आधिकारिक रूप से शुरू हो गई है इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्दालु कुल्लू व शिमला जिले की सीमा पर स्थित श्रीखंड महादेव के दर्शन करेंगे विधायक किशोरी लाल ने आज बेस कैम्प सिंहगाड़ से दो सौ श्रद्वालुओं के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया

कोकसर पंचायत लाहौल स्पीति जिले में चंद्रताल के आसपास अधिक संख्या में अस्थाई टैंट लगाने के विरोध में कोकसर पंचायत के लोग लामबंद हो गए हैं लोगों ने इस संबंध में केलंग के एसडीएम सुभाष गौतम को एक ज्ञापन सौंप कर चंद्रताल इलाके में कैम्पिंग गतिविधियां हटाने की मांग की है लोगों का कहना है कि कैम्पिंग गतिविधियों से इलाके में प्रद्षण बढ़ गया है और यहां की सुंदरता को नुक्सान पहुंचा है